प्रधानमंत्री ने जल्द चालू करने के दिए निर्देश

इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्श से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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

पीएम ने निर्देश दिया है कि इन संयंत्रों को जल्द से जल्द शुरू किया जाए उन्होंने कहा कि इन संयंत्रों से जिला स्तर पर ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने में काफी मदद मिलेगी ये समर्पित संयंत्र विभिन्न राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों में जिला मुख्यालयों पर चिन्हित सरकारी अस्पतालों में स्थापित किए जाएंगे खरीद प्रक्रिया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से की जाएगी पीएम केयर्स फंड ने इस साल की शुरुआत में देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रो पर अतिरिक्त एक सौ बासठ पीएसए मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाने के लिए राश्वि आवंटित की थे जिला मुख्यालयों के सरकारी अस्पतालों में पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को और मजबूत करना है और यह सुनिश्चित करना है कि इनमें से प्रत्येक अस्पतालों में कैप्टिव ऑक्सीजन उत्पादन की सुविधा बनी रहे इस तरह से अपने स्तर पर ऑक्सीजन उत्पादन सुविघा से इन अस्पतालों और जिले की दिन प्रतिदिन की मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरतें पूरी हो सकेंगी इसके अलावा तरल चिकित्सा ऑक्सीजन कैप्टिव ऑक्सीजन उत्पादन के े टॉप अप के रूप में काम करेगा इस तरह की प्रणाली यह सुनिश्चित कर सकेगी कि जिले के सरकारी अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति में अचानक व्यवधान न उत्पन्न हो सके और कोरोना मरीजों और अन्य जरूरतमंद मरीजों के लिए निर्बाध रूप से पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके झारखंड में पिछले चौबीस घंटे में पांच हजार नौ सौ तीन नए कोरोना संक्रमित मिले हैं साथ ही इस दौरान तीन हजार दो सौ सतासी मरीज ठीक हुए है जबकि एक सौ तीन मरीजों की मौत हुई है

अबतक राज्य में एक हजार नौ सौ एक्यानबे मरीज की मौत कोरोना से हुई है झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट पचहत्तर दशमलव एक छह प्रतिशत है

उपायुक्त अरवा राजकमल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अब सक्रिय मामलों की संख्या सात सौ बासठ हो गई है अधिकांश संक्रमित लोग होम आइसोलेशन में है

ये डॉक्टर्स होम आईसोलेशन में रह रहे मरीजों को परामर्श देंगे

इस दौरान उन्होंने जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ असीम कुमार को कांटेक्ट ट्रेसिंग के तहत हो रहे कायोँ की मॉनिटरिंग करते हुए ससमय सभी संक्रमित मरीजों के कांटेक्ट ट्रेसिंग का कार्य पूरा कराने और कोरोना जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया उपायूक्त ने सिविल सर्जन और सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों से उनके क्षेत्रों में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही दवाई और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली केंद्र सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण पर कारगर नियंत्रण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संक्रमण ग्रस्त जिलों में कड़ी कार्रवाई और स्थानीय कंटेनमेंट उपाय करने की सलाह दी है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

उत्तराखंड के चमोली जिले में हाल ही में हुए हिमस्खलन में झारखंड के ग्यारह मजदूरों की मौत हो गई जिसकी प्रष्टि चमोली जिले की जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया ने की ये सभी मजदूर सीमा सड़क संगठन के साथ अनुबंध पर काम कर रहे थे मृतकों में चार खूंटी चार दुमका रामगढ़ के एक रांची से एक और एक पश्चिमी सिंहभूम जिले के मजदूर शामिल हैं जबकि बचाव अभियान अभी भी जारी है

पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों ने बीती रात हावड़ा मुंबई मुख्य रेलमार्ग पर बम ब्लास्ट किया है चक्रघरपुर रेल मंडल के लोटापहाड़ रेलवे स्टेशन में देर रात नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है जिससे हावड़ा मुम्बई मुख्य मार्ग घंटों से बाधित है वहीं हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन और चक्रघरपुर राऊरकेला सवारी गाड़ी चक्रघरपुर रेलवे स्टेशन पर ही घंटों से खड़ी है घटना की जानकारी होने पर रेलवे द्वारा रेल यातायात सामान्य करने के लिए ट्रैक की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है

जिले के पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने बताया कि जब देश में आपदा की इस घड़ी में ऑक्सीजन जैसी आवश्यक वस्तु की सप्लाई रेलमार्ग द्वारा की जा रही है ऐसे में माओवादियों द्वारा रेल मार्ग को बाधित करने की कोशिश उनकी हताशा को दर्शाता है लोहरदगा जिला के सेन्हा थाना क्षेत्र के उगरा गांव डबल मर्डर केस में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस अधीक्षक प्रियंका मीना ने इस संबंध में बताया कि जमीन विवाद को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया था झारखंड हाईकोर्ट में आज से अगले आदेश तक सिर्फ अत्यंत आवश्यक मामलों की ही सुनवाई की जाएगी झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने पत्र जारी कर इस बात की सूचना दी है महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई के लिए अधिवक्ताओं को अदालत से विशेष आग्रह करना होगा पत्र में स्पष्ट कहा गया है की महत्वपूर्ण मामलों के अलावा अन्य मामलों की सुनवाई फिलहाल अगले आदेश तक स्थगित रहेगी

इस संबंध में रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी कर दिया है केस की फाईलिंग का कार्य पूर्व की तरह ही किया जायेगा पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि पांडिचेरी विश्वविद्यालय के एक छात्र द्वारा कोविड के इलाज के लिए घरेलू नुस्खा खोजने और इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वीकृति मिलने का दावा झुठा है पीआईबी ने एक ट्वीट में कहा है कि यह दावा फर्जी है सरकार ने लोगों से इस गलत सूचना को साझा नहीं करने की अपील की है

से प्रेश के पलामू जिला मुख्यालय डाल्टेनगंज स्थित महावीर नवयूवक दल ने निर्णय लिया है कि रामनवमी में विभिन्न स्थानों में लगाई गई लाईटों को नगर निगम को सौंप दिया जाएगा

ग्वाटेमाला में आयोजित प्रतियोगिता में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मैक्सिको को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है

भारतीय टीम ने सात वर्षो के बाद विश्वकप में रिकर्व टीम मुकाबले में अपना पहला स्वर्ण पदक हासिल किया है विश्वकप में टीम मुकाबले में दीपिका कुमारी का यह पांचवां स्वर्ण पदक है

और आइये अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां राज्य से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने प्रधानमंत्री के मन की बात में साझा विचारों और कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर केन्द्र और राज्य सरकार के प्रयासों से जुड़ी खबर को प्रमुखता से पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है प्रभात खबर की सुर्खी है मिशन ऑक्सीजन में जूटी झारखंड सरकार पांच राज्यों के कोरोना संक्रमितों को मिल रही प्राण वायु दैनिक जागरण ने लिखा है प्रधानमंत्री ने दी पीएम केयर फंड से देशभर के जिलों में प्लांट लगाने की मंजूरी दैनिक भास्कर लिखता है पीएम केयर फंड से हर जिले में लगेगा ऑक्सीजन प्लाट

अंग्रेजी अखबार हैंदुस्तान टाईम्स ने देश में एक दिन में तीन लाख उनचास हजार नए कोरोना मरीज मिलने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है